इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि योग लोगों को एकजुट करता है तथा वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है योग देश स्थल धर्म और स्त्री प्रूष किसी भी विभिन्नताओं से परे है और यह एकता की शक्ति के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त कदम है ये हमारी श्वास प्रणाली और रोक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है कोरोना के दौर में योग बेहद महत्वपूर्ण है

एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार यह दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने एक सप्ताह का कार्यक्रम भी शुरू किया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि योग लोगों को जोड़ता है साथ ही मानसिक और शारीरिक एकता का प्रतीक है चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने सभी से योग अपनाने की अपील करते हुए कहा कि विभिन्न आयोजनों के दौरान सामाजिक दूरी का भी पुरा ध्यान रखें प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी वेबीनार के माध्यम से योगाभ्यास करवाया जा रहा है जैसलमेर में आज लोगों ने पांच किलोमीटर तक साइकिल यात्रा कर योग दिवस मनाया झालावाड़ और बांसवाड़ा में घरों की छतों पर बैठकर लोगों ने योगाभ्यास किया

उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभियान की डिजिटल लॉचिंग की जाएगी हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रमों की शुरूआत होगी

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं

इसी तरह जनरल वार्ड में उपचार के लिए दो हजार रूपए अधिकतम चार्ज किए जा सकते हैं वहीं वेंटिलेटर यूक्त आईसीयू में यह दरें चार हजार रूपए रखी गयी हैं

यह ग्रहण का सुनहरा अवसर बना है जो बीकानेर के घड़साना सूरतगढ हरियाणा में सिरसा व कुरूक्षेत्र तथा उत्तराखण्ड में देहरादून तथा जोशीमठ आदि स्थानों से दिखाई देगा कोरोना महामारी की वजह से इस बार जयपुर में बिड़ला तारामण्डल परिसर में ग्रहण दिखाने की व्यवस्था नहीं होगी संस्थान के सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि सूर्यग्रहण को कभी भी कोरी आंखों से नहीं देखना चाहिए

श्री गहलोत ने लिखा कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत बड़ी संख में जॉबकार्ड जारी किए है इनकी पात्रता आने वाले महीने में पूरी हो जाएगी